नाहन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज शाम पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव का शुभारम्भ भी करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री का शिलाई और पांवटा साहिब के खोड़ोवाला में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है

विधायक राजेन्द्र गर्ग ने उठाऊ पेयजल योजना दखयूत पटा के तहत निचली डंगार गांव में एक कार्यक्रम में कल जानकारी दी उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पंचायतों में छोटी छोटी योजनाओं और नलकूपों के माध्यम से पेजयल समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार व सुझाव साझा करने का आग्रह किया

कल्ल् दशहरा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की चौथी सांस्कृतिक संध्या में कल स्टार सचिता भट्टाचार्य और अशित त्रिपाठी ने लालचंद प्रार्थी कला केन्द्र में अपने कार्यक्रम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया झारखंड के लोक कलाकारों सहित स्थानीय लोक कलाकारों ने भी अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किये कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि आज की सांस्कृतिक संध्या के मुख्य आकर्षण मन्नत नूर और राजीव थापा की प्रस्तुतियां रहेंगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचारपत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगा कौशल विकास भत्ता

दैनिक जागरण के मुताबिक मेधा को प्रोत्साहन कौशल का विकास हिमाचल दस्तक के अनुसार प्राईवेट सेक्टर में नौकरी के साथ भत्ता दिया जयराम ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है सुलह का व्यक्ति कैसे तय करेगा शिमला का नाम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शिमला का नाम बदलने के खिलाफ वीरभद्र अजीत समाचार के अनुसार नाम बदला तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर करेगी विरोध जबकि आपका फैसला ने लिखा है कुछ लोगों का वश चले तो मेरा और सीएम तक का नाम भी बदल दें

पंजाब केसरी के मुताबिक सांसद शांता कुमार की बैठक से अनुपस्थित कृषि विभाग चम्बा के उपनिदेशक सस्पेंड

स्पेन के पायलट जोश की लोकेशन थमसर जोत में आज होगा रेस्क्यू शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है बीड़ बिलिंग से उड़ान भर पहुंच गया बड़ा भंगाल

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सोच पर सवाल में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के बढ़ते मामले एक वर्ग की दूषित सोच को उजागर करते हैं जरूरत है लोग अपनी सोच में बदलाव लाकर महिलाओं को सम्मान दें हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय कब तक चलेगा यह जुगाड़ में प्रदेश में हो रही बैकडोर भर्तियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि भर्तियों के लिये जुगाड़ छोड़कर स्थायी नीतियां बनाने से ही बेरोजगारों को राहत मिलेगी